सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में तीन वर्दीधारी माओवादी मारे गए

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में श्री मोदी ने यह बात कही

इन केंद्रों के माध्यम से दस लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर और नये भारत के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना जरूरी है उन्होंने नागरिकों में डिजिटल साक्षरता के प्रसार के महत्व पर भी जोर दिया श्री मोदी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में एनडीए सरकार ने डिजिटल इंडिया के तमाम पहलुओं पर कार्य करना प्रारंभ किया है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि टेक्नोलॉजी के फायदे चंद लोगों तक सीमित न रहे उन्होंने कहा कि साझा सेवा केन्द्रों के जरिये भारत की तस्वीर बदल रही है

डिजीटल इंडिया को हमने आगे बढ़ाना है हर एक प्रकार से एक ऐसी लड़ाई है जो दलाली बनाम डिजीटल इंडिया दलाली को रोकने का काम डिजिटल इंडिया कर रहा है दलाल परेशान है डिजिटल इंडिया से हम लोग ताकवर हैं डिजिटल इंडिया से हम हमारे हक की लड़ाई आसानी से लड़ सकते हैं डिजिटल इंडिया से श्री मोदी ने कहा कि पिछले चार वर्षो में भारत में डिजिटल भुगतान काफी बढ़ा है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था डिजिटल और पारदर्शी हो गई है विभिन्न लाभार्थियों के साथ बातचीत में आज प्रधानमंत्री ने यह घोषणा भी की कि वे कृषि क्षेत्र और उससे संबंधित मुद्दों पर किसानों के साथ बीस जून को सुबह साढ़े नौ बजे बातचीत करेंगे वाई फाई सुविधा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार देशभर में बीस हजार वाई फाई चौपाल बनाने की योजना बना रही है ताकि सरकारी सेवाएं लोगों को उनके घर के दरवाजे पर मिल सकें श्री प्रसाद ने उत्तरप्रदेश के दनकौर में डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री की वीडियों कांफ्रेसिंग के जरिए बातचीत के कार्यक्रम में हिस्प्सा लिया दूसरी ओर भारतीय रेलवे ने अगले वर्ष मार्च तक देश के सात हजार स्टेशनों में निःशल्क वाई फाई सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जहां इंटरनेट तक पहुंच कायम होने से स्थिति में बदलाव आयेगा प्रधानमंत्री ट्वीट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्विटर संदेश में अपनी छत्तीसगढ़ की यात्रा को यादगार बताया है श्री मोदी ने लिखा कि उन्हें छत्तीसगढ़ में विकास के कई प्रोजेक्ट का उदघाटन करने का अवसर मिला ये प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय संक्षिप्त प्रवास से नई दिल्ली लौटकर टिवटर पर जनता के नाम संदेश जारी कर प्रधानमंत्री ने जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की भी तारीफ की श्री मोदी ने कहा कि श्री वाजपेयी से छत्तीसगढ़ का गहरा जुड़ाव है और उन्होंने विकसित तथा समृद्ध छत्तीसगढ़ का सपना देखा वहीं डॉक्टर रमन सिंह जैसे ऊर्जावान और दृष्टिसम्पन्न नेता ने छत्तीसगढ़ को गरिमापूर्ण नई ऊंचाईयों तक पहुंचाया है श्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा छत्तीसंगढ़ के विकास के लिए हम सब वचनबद्ध हैं उन्होंने नई दिल्ली पहुंचकर छत्तीसगढ़ के अपने नया रायपुर और भिलाई नगर प्रवास पर केन्द्रित लगातार कई ट्वीट किए एक संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्षो से भिलाई में आईआईटी लाने का प्रयास कर रहे थे केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ में आईआईटी लाने का निर्णय किया और उसका शिलान्यास हुआ श्री मोदी ने लिखा कि भिलाई ने सिर्फ स्टील ही नहीं बनाया बल्कि जीवन समाज और देश का भी निर्माण किया है भिलाई का आधुनिक और परिवर्तित स्टील प्लांट अब न्यू इंडिया की बुनियाद को भी स्टील जैसा मजबूत बनाएगा उन्होंने भारत नेट परियोजना के द्वितीय चरण के शुभारंभ पर ट्वीट करते कहा कि डिजिटल इंडिया सिर्फ स्थानों को नहीं बल्कि लोगों को भी आपस में जोड़ेगा

नई नियुक्ति के लिए जारी सूची के अनुसार विमला सिंह कपूर छत्तीसगढ़ की पहली आदिवासी महिला जज होंगी राष्ट्रपति से अनुमति के बाद कानून मंत्रालय ने छत्तीसंगढ़ हाईकोर्ट में जिन चार जजों की नियुक्ति की है उनमें न्यायाधीश पार्थ प्रीतम साहू गौतम चौरडिया विमला सिंह कपूर और रजनी दुबे शामिल हैं ये नियुक्ति दो सालों के लिए हुई है चार नए न्यायाधीशों के पदभार ग्रहण करने के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर सोलह हो जाएगी माओवादी मुठभेड़ सुकमा जिले में माओवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में तीन वर्दीधारी माओवादियों को मार गिराया है इन माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि जवानों की टीम सर्चिंग के लिए निकली थी इसी दौरान चिंतागुफा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ माओवादियों की मुठभेड़ हुई जिसमें सुरक्षा बलों के जवाबी हमले में तीन माओवादी मारे गए वहीं अन्य माओवादी भाग निकले इलाके की सर्चिंग के दौरान माओवादियों के सामान और हथियार भी मिले हैं दूसरी ओर राजनांदगांव पुलिस ने नोटबंदी के समय माओवादियों की मदद करने वाले एक सहयोगी को गातापार नाकागांव से गिरफ्तार किया है आरोप है कि नोटबंदी के समय माओवादियों ने इस सहयोगी को हजार और पांच सौ के नोटों में पांच लाख रूपये बदलवाने के लिए दिए थे वहीं जिले के ही कोरवा गांव से भी पुलिस ने माओवादियों के शहरी नेटवर्क के एक सूत्रधार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है इस पर माओवादियों के शहरी नेटवर्क को बढ़ावा देने का आरोप है

ईद के मौके पर नमाज अदा करने के लिए सभी मस्जिदों में खास इंतजाम किए गए हैं आज रोजेदारों ने आखिरी रोजा अदा किया ईद को लेकर रायपुर सहित प्रदेश के सभी इलाकों में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों में उत्साह का माहौल है बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है कपड़े और मिठाइयों की दुकानों में आज देर रात तक जोरदार खरीदारी होने की संभावना है वहीं कल मस्जिदों में सुबह से ही नमाज अदा करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा दुर्घटना जगदलपुर जिले में एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं एक अन्य एक व्यक्ति गंभीर रुप से घायल हो गया है जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा से कार में सवार एक परिवार के सदस्य जगदलपुर लौट रहे थे इस बीच देर रात करीब दो बजे उनकी कार किलेपाल के पास अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई

घायल व्यक्ति का इलाज जगदलपुर के महारानी अस्पताल में चल रहा है सीवी रमन फर्जीवाड़ा बिलासपुर पुलिस ने सर्टिफिकेट कोर्स की जगह डिग्री कोर्स देकर बड़ा फर्जीवाड़ा किए जाने के मामले में सीवी रमन विश्वविद्यालय के कुलपति सहित अन्य कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है पुलिस ने कुलपति संतोष चौबे पूर्व रजिस्ट्रार शैलेष पांडेय डिप्टी रजिस्ट्रार गौरव शुक्ला और नीरज कश्यप के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है पुलिस के अनुसार प्रमेंद्र मानिकपुरी नाम के व्यक्ति ने इस मामले की शिकायत बिलासपुर एसपी आरिफ शेख से की थी शिकायत में कहा गया था कि विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे आईसेक्ट सेंटर में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है फर्जी डिग्री बांटे जाने के इस मामले में पुलिस ने कोटा थाने में प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है